पांचवीं झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है विधानसभा के नए भवन में अठाईस मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा वहीं तीन मार्च को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष दो हुंचा है

इससे पहले कल सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलायी इसमें संभी पार्टियों के विधायक दल के नेता शामिल हुए लेकिन भाजपा का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र पर सरकार की पूरी तैयारी है वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगे राष्ट्रपति आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं आज दिन के करीब एक बजकर चालीस मिनट पर वायुसेना के विमान से राष्ट्रपति बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे वहां से वे सीधे राजभवन जाएंगे

कल राष्ट्रपति गुमला स्थित विशुनपुर में विकास भारती के कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के बच्चों से मुलाकात करेंगे इसर्क बाद वे देवघर के लिए रवाना होंगे गुमला जिले में विकास भारती द्वारा संचालित ज्ञान निकेतन में जहां आदिम जनजाति और अन्य जनजातियों के अनाथ तथा गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कल इनसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुलाकात करेंगे

कल नई दिल्ली में दो दिन के सावरकर साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश आतंकवाद से लड़ाई में एक जुट हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है संवाददाताओं से बातचीत में कल उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है श्री जावडेकर ने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और दोषियों की पहचान की जाएगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में रक्षा साजो सामान आयातकर्ता की बजाय मुख्य निर्यातक देश होगा

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रुप्ता ने कल रांची के सदर अस्पताल में थैलेसिमिया सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना विभाग का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर यहां कम्पोनेंट सेपरेट सेंटर का शुभारम्म किया जाएगा इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में जल्द ही घूटना प्रत्यारोपण की मी व्यवस्था की जा रही है इस मौके पर श्री गुप्ता ने ममता घर का भी उदघाटन किया उन्होंने कहा कि यह ममता घर गर्भवती महिलाओं के गम्भीर मामलों में काफी मददगार साबित होगा चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अभी इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स नहीं भेजा जाएगा रिम्स मेडिकल बोर्ड ने बारह गंभीर बीमारियों से पीडित लाल प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कल यह फैसला लिया आठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड ने फिलहाल एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट से इस संबंध में सलाह लेने का निर्णय लिया है उनकी राय आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा गढ़वा जिले में इस वर्ष गर्मी में आम लोगों को बिजली कटौती को लेकर परेशानी नहीं होगी

रेलवे ने धनबाद रांची इंटरसिटी और देवघर रांची बाबाधाम इंटरसिटी को नियमित कर दिया है कल से दोनों ट्रेनें सप्ताह में सातों दिन चलेंगी धनबाद रांची इंटरसिटी फिलहाल सप्ताह में चार दिन और देवघर रांची बाबाधाम इंटरसिटी सप्ताह में छह दिन चलती है न्यूजीलैंड पर जीत के साथ भारत चौथी बार महिला टी ट्वेंटी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है मेलबर्न में खेले गए मैच में कल भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में तीन रन से पराजित किया सोलह वर्षीय शेफाली ने चौंतीस गेंदों पर चार चौको और तीन छक्कों की मदद से छियालीस रन बनाए भारत ने बीस ओवर में आठ विकेट खोकर एक सौ तैंतीस रन बनाए जबकि जवाबी पारी में न्यूजीलैंड की टीम बीस ओवर में छह विकेट खोकर एक सौ तीस रन ही बना सकी भारत ग्रुप ए में छह अंक लेकर अब शीर्ष पर आ गया है और अब संक्षिप्त खबरें हजारीबाग जिले की बरही पुलिस ने कल अवैघ देशी शराब से लदे एक वाहन को एक युवक के साथ पकड़ा पुलिस निरीक्षक ललित कुमार ने बताया कि अवैध रूप से शराब बिहार की ओर ले जाया जा रहा था चतरा जिले के किसानों को किसान मेले के माध्यम से बेहतर खेती की जानकारी दी गई जिला मुख्यालय स्थित जवाहर लाल स्टेडियम में आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का प्रदर्शन किया गया देवघर जिले के साइबर थाने की पुलिस ने सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है